प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल वीडियो कॉनफ्रेंसिंग के माध्यम से जन औषधि दिवस समारोह को संबोधित करेंगे

हरियाणा के मुख्यमंत्री कार्यालय के ट्वीटर हैंडल के माध्यम से किसानों की विभिन्न समस्याओं का समाधान किया गया है

कोविड वैक्सीनन पूरी तरह सुरक्षित है टीकाकरण के लिए आगे आएं अफवाहों पर विश्वा स न करे यह भी याद रखना है कि बार बार हाथ धोना मास्की पहनना व दो गज की दूरी अभी भी जरूरी है

यह समिति राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारी के लिए नीतिगत दिषा निर्देष देगी

इस समिति की पहली बैठक आगामी सोमवार को होगी जिसमें कार्यकमों की रूपरेखा तैयार की जायेगी

इस समारोह के दौरान प्रधानमंत्री षिलोंग में पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान में जन औषधि केन्द्र समर्पित करेंगे

हरियाणा के पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों व उनको परिवार के सदस्यो को कोरोना वैक्सीन लगाई गई पंचकला की सरकारी डिस्पेंसरी में कोराना वैक्सीन लगवानें वालो में से भूतपुर्व आईपीएस अधिकारी एमएस मान ने टीकाकरण अभियान की सराहना की उन्होंने कहा यह वैक्सीन कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक प्रभावी उपकरण है उन्होंने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है यह सुरक्षित है और इसे लगवानें के लिए प्रत्येक पात्र व्यक्ति को आगे आना चाहिए यमुनानगर में जिला पुलिस द्वारा एक विषेष अभियान के तहत भीड़ भाड़ वाले स्थानों बाजार बस स्टैंड टैक्सी स्टैंड शॉपिंग मॉल और पार्को में जाकर आम जनता को मास्क पहनने के लिए जागरूक किया जा रहा है यमुनानगर के पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने बताया कि इस अभियान के दौरान लोगों को मास्क भी वितरित किए जा रहे हैं

उधर सिरसा की रेलवे पुलिस ने भी रेलवे कॉलोनी के पास वाहन चालकों को मास्क पहनने बारे जागरूक किया इस दौरान मास्क न पहनने वाले वाहन चालकों के चालान भी काटे गए

हरियाणा के मुख्यमंत्री कार्यालय के टिवटर हैंडल के माध्यम से लोगों की बेहतरी के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं हाल ही में टिवटर हैंडल पर आई किसानों की विभिन्न समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया गया मुख्यमंत्री के सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकार ध्रव मजूमदार ने बताया कि सोशल मीडिया टीम द्वारा किसानों द्वारा की जा रही शिकायतों को संवेदनशीलता से लिया जा रहा है और इन शिकायतों को जल्द से जल्द हल किया जा रहा है मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण के दौरान होने वाली समस्याओं से संबंधित कुछ ट्वीट्स किए गए इनमें यह बताया गया कि संबंधित पटवारी द्वारा यह गलत उल्लेख किया गया था कि उनकी भूमि कृषि योग्य नहीं है मुख्यमंत्री कार्यालय के ट्विटर हैंडल पर आए इन ट्वीटस को संवेदनशीलता से लिया गया और त्र्टियों को तुरंत ठीक किया गया

वहीं चरखी दादरी में जिला स्तर पर मनाए जा रहे महिला दिवस सप्ताह के दौरान पहली बार गृहणियों की अपेक्षा पुरूषों के बीच खाना खजाना प्रतियोगिता करवाई गई चरखी दादरी के उपायुक्त राजेष जोगपाल ने स्वयं इन व्यंजनों का स्वाद चखा

युरपीन हॉकी श्रृंखला में भारत की पुरूष हॉकी टीम का मैच बैल्जियम में एंटवर्प में इंग्लेंड के साथ अब से थोड़ी देर बाद साढे छः बजे शुरू होगा

पंचकूला के माध्यमिक षिक्षा निदेषालय द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय साहसिक षिविर के लिए आज भिवानी से छात्र छात्राओं की टीम मोरनी के लिए रवाना हई

भिवानी के जिला षिक्षा अधिकारी अजीत सिंह ने कहा कि साहसिक षिविरों से विद्यार्थियों की छिपी हई प्रतिभा उजागर होती है